राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर आज चंदखुरी में राम वनगमन पथ रथ यात्रा का हुआ समापन मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों सहित सभी वर्गों को सशक्त बनाने को लिए उठाए अनेक कदम

उन्होंने कहा है कि कृछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर भ्रम पैदा किया गया है श्री तोमर ने बताया कि नया कानून लागू होने के बाद इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड दूट गए हैं कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नये अध्याय की नींव बनेंगे और देश के किसानों को ज्यादा स्वतंत्र तथा सशक्त करेंगे इस बीच छत्तीसगढ़ में अब तक समर्थन मूल्य पर पच्चीस लाख भीटरिक टन से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है प्रदेश के करीब सात लाख किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं

इस मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को माओवाद की समस्या के नाम से जाना जाता था लेकिन अब नक्सलवाद के बजाय देशमर में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना और किसान न्याय योजना की चर्चा हो रही है उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं के जरिये किसानों और पशुपालकों के खातों में पैसा पहुंचा है जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है और इस कारण कोरोना संकट और मंदी का छत्तीसगढ़ में उतना असर नहीं देखा गया जितना देश के दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक पार्क बनाने की दिशा में बढ़ रही है जहां छोटी छोटी इंकाइयां लगाकर ग्रामीण और महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही अपने उत्पादों का मुल्य संवर्धन करेंगे उन्होंने कहा कि हर विकासखंड में ऐसे गौठान बनाने के बाद प्रत्येक जनपद में और फिर सभी पंचायतों में ग्रामीण इंडस्ट्रीयल पार्क बनाए जाएंगे एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माओवादियों से तभी चर्चा करेगी जब वे देश के संविधान पर अपना विश्वास जताएंगे और हथियार छोडेंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए छत्तीस वादों में से कांग्रेस सरकार अब तक चौबीस वादे पूरे कर चुकी हैं

उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि दो साल में कितने अस्पताल खोले गए या सड़कें बनाई गई साथ ही कितने लोगों को रोजगार दिया गया है डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधी अध्री कर्जमाफी की वजह से किसान परेशान हैं उन्होंने सरकार पर शराबबंदी का वायदा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर सवाल उठाए हैं श्री साय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता आधा बिजली बिल युनिवर्सल हेल्थ स्कीम पीडीएस और महिला सुरक्षा को लेकर किए गए किसी भी वायदें को पुरा नहीं किया है इस बीच कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली गई राम वनगमने पथ रथ यात्रा और बाइक रैली का आज रायपुर के पास चंदखरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में समापन हुआ इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने वनवास काल में भगवान राम छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरे थे उन इलाको में राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित किया जा रहा है इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे वहीं राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आज से दो दिवसीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई है जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी चित्रों के माध्यम से दी जा रही है कैबिनेट निर्णय राज्य सरकार के सभी विभाग अब प्रदेश के प्रदायकों से ही सामग्री खरीदेंगे यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हई इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया इस बैठक भें छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के प्रनर्गठन के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री दर को आठ रूपए प्रति किलोग्राम से बढाकर दस रूपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का भी मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया राज्य मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में स्थित शासकीय जर्जर भवनों का प्रनर्रूद्वार किया जाएगा इसके अलावा भी राज्य मंत्रिमंडल ने आज अन्य अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल होंगे यह आयोजन मंबई के क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और गुजरात पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ और गुजरात के ट्र ऑपरेटर एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उन्हें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है इस बीच आज राजधानी रायपुर में विज्ञान और आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया भारत सरकार के पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय आरओबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वेबीनार को सीएसआईआर एएमपीआईआर भोपाल के वैज्ञानिक डॉक्टर सतानंद मिश्रा के साथ अन्य विशेषज्ञों ने संबोधित किया

हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्मोण भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है परिषद ने बताया है कि टीके को दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकल है कोवैक्सीन उन तीन टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है इस टीके का तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण अट्टारह साल से पचपन साल के लगभग छब्बीस हजार स्वयं सेवकों पर किया जा रहा है जेईई मुख्य परीक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि दो हजार इक्कीस से जेईई मुख्य परीक्षा साल में चार बार आयोजित की जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि पहले चरण में फरवरी में तेईस से छब्बीस तारीख के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को नब्बे प्रश्नों में से किन्ही पचहत्तर सवालों के जवाब देने होंगे जबकि पन्द्रह वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी रेडक्रॉस सोसायटी इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल अनुसूईया उइके ने कोरोना महामारी के दौरान मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और वॉलिंटियर्स को सम्मानित किया जगदलपुर जिले को पहला और धमतरी जिले को दूसरा पुरस्कार मिला है वहीं तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से बालोद और सूरजपुर जिले को प्रदान किया गया कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी जिला स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है अब इसकी सेवाओं का विस्तार विकासखंड स्तर तक किए जाने की जरूरत है कार्यक्रम में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन सोनमणि बोरा ने बताया कि जल्द ही विकासखंड स्तर पर रेडक्रॉस की इकाइयों का गठन किया जाएगा इसके अलावा विकासखंड स्तर पर जेनेरिक दवा दुकानें खोले जाने का भी प्रयास किया जा रहा है चिराग परियोजना बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए एक हजार छत्तीस करोड़ रूपए की चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने अपनी मंजूरी दे दी है आधिकारिक जानकारी के अनुसार छह वर्षीय इस परियोजना के तहत बस्तर संभाग में सात जिलों के तेरह विकासखंड लामान्वित होंगे योजना का उद्देश्य जलवायू परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषण आहार कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है इस परियोजना के तहत गौठानों को केन्द्र में रखकर विभिन्न कार्य किए जाएंगे माओवादी कैम्प ध्वस्त दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य चीजें बरामद की गई हैं इस कैम्प से इंफ्रारेड थर्मामीटर भी मिला है माओवादियों के खिलाफ संचालित अभियान के तहत डीआरजी एसटीएफ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त पर निकली थी इसी दौरान मिरतर किरदल के तिमेनार इंडीपाल के जंगल में माओवादियों का कैम्प नजर आया जिस पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर माओवादियों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन माओवादी वहां से भाग निकले ट्रामा सेंटर माओवादी घटनाओं में घायल होने वाले जवानों को त्वरित उपचार सुविधा दिलाने के लिए जगदलपुर में जल्द ही ट्रामा सेंटर खोला जाएगा यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारत सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कमार के साथ बैठक में कही मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के बीच राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रो में सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यो के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे

इस मौके पर राज्यपाल अनुसईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शमकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि बाबा गरू घासीदास ने दनिया को सामाजिक सदभाव का रास्ता दिखाया घासीदास जयती के मौके पर कल राजधानी रायपुर के घासीदास कॉलोनी के अलावा मुंगेली के लालपुर धाम और भिलाई के सतनाम भवन में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे इससे पहले गुरू घासीदास सेवा समिति द्वारा आज भिलाई के सतनाम भवन से एक शोभायात्रा निकाली गई इस यात्रा में सतनाम पंथ के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए

इस विजय की पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपूर द्वारा आज रात नौ बजे किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे हाथी आतंक बालोद जिले में हाथियों के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है बताया जाता है कि डौंडी ब्लॉक में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है इससे बचाव के लिए बीती रात जब लिमउडीह गांव में ग्रामीण अलाव जलाकर रतजगा कर रहे थे तभी हाथियों ने हमला कर दिया वहीं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के पसान रेंज में भी जंगली हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है इस क्षेत्र में बीते करीब डेढ़ महीने के दौरान हुए हाथियों के हमले में तीन लोगों की मृत्यू हो गई है वन विमाग लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं साथ ही हाथियों के दल को खदड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से हुल्ला पार्टी को भी बुलाया गया है ठग गिरोह गिरफ्तार कोरबा पुलिस ने एटीएम ठगी के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है इस मामले में दो आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है इनके पास से करीब आठ लाख साठ हजार रूपये की नगद राशि एटीएम कार्ड मोबाइल और क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं जिले के दीपका क्षेत्र में पिछले दिनों एसईसीएल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से आरोपियों ने करीब चालीस लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी की थी पुलिस की विशेष टीम ैऔर साइबर सेल ने पतासाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया वहीं दूर्ग में पीतल के जेवर को सोने का बताकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इनके पास से दस लाख रूपये की नगद राशि भी बरामद की गई है दर्ग पुलिस के अनुसार पूरई उतई स्थित एक ज्वेलर्स द्वकान के संचालक को आरोपी ने असली सोना बताकर पीतल के जेवर बेच दिए थे और उससे दस लाख रूपये की ठगी कर ली आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि गिरोह के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा में भी कई लोगों के साथ ठगी की है संक्षिप्त समाचार राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए गठित कमार विकास अभिकरण और प्रकोष्ठ में अध्यक्ष और सदस्यों का मनोयन कर दिया गया है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने आंदोलन के तीसरे चरण के तहत उन्नीस दिसंबर को रायपुर में धरना प्रदर्शन करने और रैली निकालने का निर्णय लिया है यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यशवंतपुर कोरबा साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का विस्तार आगामी इकतीस जनवरी तक के लिए कर दिया है राजनादगांव शहर की कोतवाली बसंतपुर और लालबाग थाने में पुलिस ने आम लोगों की शिकायतें सात दिनों के मीतर सुलझाने के लिए पॉयलेट प्रोर्जेक्ट की शुरूआत की है पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने बताया कि तय दिनों में मामले का निपटारा नहीं होने पर पीड़ित व्योक्त उच्च अधिकार्रियों से शिकायत कर सकेंगे राजनांदगांव जिले में स्थित आदिवासी आश्रमों और छात्रावासों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं साथ ही सौ से अधिक आश्रमों और छात्रावासों में वाटर प्यूरीफायर भी लगाए गए हैं